धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप को सत्रह हजार आठ सौ बासठ मतों के अंतर से हराया श्री बेंजाम को बासठ हजार संतानवे वोट मिले हैं जबकि भाजपा उम्मीदवार लच्छूराम कश्यप को चवालीस हजार दो सौ पैंतीस मत हासिल हुए इस जीत के साथ ही बस्तर संभाग की सभी बारह सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है

जीत के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बेंजाम ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आम जनता को दिया है उन्होंने कहा कि वे चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकास के साथ साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे

उन्होंने कहा है कि जनता ने सरकार के कामकाज पर वोट दिया है उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है अब कांग्रेस की सीट अड़सठ से बढ़कर उनहत्तर हो गई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह जीत भूपेश बघेल सरकार की नीतियों और बस्तर की जनता की जीत है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी की हार पर पार्टी मंथन करेगी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रशासन तंत्र का दुरूपयोग कर जीत हासिल की है गौरतलब है कि यह सीट कांग्रेस विधायक दीपक बैज के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई थी चित्रकोट उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को वोट डाले गए थे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है तथा जो आकाशवाणी और द्रदर्शन दोनों को मदद करेगी उन्होंने कहा कि यह बहुत जीवंत समाचार व्यवस्था होगी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती न्यूज सर्विस जो है हमारा प्रसार भारती में ये कुछ दो तीन साल पहले हम सोचा था कि ऐसा एक व्यवस्था या संस्था हमारे प्रसार भारती के अंदर होना चाहिए आज इस दफ्तर का उद्घाटन जो हुआ है मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ये कदम है और आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के लिए ये न्यूज फ्लो जो है ये प्रसार भारती न्यूज सर्विस आगे समय में देखेगा मैं समझता हूं इसका भविष्य बहुत उज्जवल है मंडावी हत्या एनआईए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी की माओवादी हमले में हत्या की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है न्यायालय ने माओवादी हमले में हत्या की जांच से जुड़े दस्तावेज पंद्रह दिन के अंदर एनआईए को सौंपने को कहा है गौरतलब है कि विधायक भीमा मंडावी के वाहन को माओवादियों ने इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी में आईईडी विस्फोट कर उड़ा दिया था इस घटना में विधायक भीमा मंडावी सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी हाईकोर्ट वन अधिकार पट्टा बिलासपुर उच्च न्यायालय में आज सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर अनूप भल्ला ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अवैध रूप से बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टे और उसके लिए काटे जा रहे पेड़ों का विरोध किया गौरतलब है कि रायपुर के नितिन सिंघवी ने इस संबंध में याचिका दायर की थी आज मूल याचिका में रायगढ़ के सालिकग्राम सिदार और अन्य ने विरोध दर्ज कराने के लिए भी हस्तक्षेप याचिका दायर की प्रकरण की सुनवाई युगल बेंच में मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति पीपी साहू के समक्ष हुई इस मामले में अगली सुनवाई अब पांच नवंबर को होगी

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम सभाओं के सार्थक आयोजन और उत्कृष्ट कार्यो के लिए इन पंचायतों को ये पुरस्कार दिए गए हैं नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया इस मौके पर श्री सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड की स्वीकृति भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए वहीं माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में डबल कनेक्टिविटी होना चाहिए छत्तीसगढ़ को पंचायतों के सशिक्तकरण और सूचना तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए ई पंचायत पुरस्कार से भी नवाजा गया है आईसीटी के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है धान किस्म पुरस्कार केन्द्र सरकार ने धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को दस लाख रूपये के पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया है नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पाटन विकासखंड के ग्राम तर्रा के आदर्श महिला समूह के सदस्यों को सम्मानित किया इसके साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र धमतरी के मार्गदर्शन में पारंपरिक देशी बैगन की किस्म से विकसित निरंजन भाटा के संरक्षण के लिए ग्राम धुमा के प्रगतिशील कृषक लीलाराम साहू को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार के रूप में डेढ़ लाख रूपये की राशि प्रदान की गई इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल भी उपस्थित थे कांग्रेस प्रदर्शन देश में कथित मंदी के हालात को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया गया राजधानी रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी चौक स्थित धरनास्थल पर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता करूणा शुक्ला और विधायक कुलदीप जुनेजा तथा विकास उपाध्याय सहित प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर है मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही अनवरत बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है आज भी राजधानी सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी हैं वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

संक्षिप्त समाचार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली और मतपत्र से कराए जाने संबंधी अध्यादेश के अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नवा रायपुर के सेक्टर चौबीस में राजभवन मुख्यमंत्री निवास विधानसभा अध्यक्ष निवास और मंत्रीगणों के आवास सहित शासकीय आवासीय परिसर का भूमिपूजन करेंगे प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट कैम्प में एक सौ बत्तीस विद्यार्थियों का चयन किया गया बालोद जिला मुख्यालय में आज गन्ना किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस और दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं यह सुविधा इकतीस दिसंबर से शुरू की जाएगी कोरिया जिले के वनमंडल खड़गवां परिक्षेत्र में हाथियों का दल पहुंचा हुआ है जिससे ग्रामीणों में दहशत है हाथियों का यह दल मुगम बारी खैरबहरा और बड़ेकलुआ के जंगल में विचरण कर रहा है वन अमला निगरानी में लगा हुआ है भिलाई स्थित मैत्रीबाग में एक हिमालियन भालू की आज मौत हो गई